उन्होंने आज जालंधर में शहीद परिवार निधि के समारोह की अध्यक्षता करते हए ये घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य है कि शहीदों के परिवार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश आज प्रगति और स्मृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है

समारोह में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब राज्य में आतंकवाद से लड़ने और पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए हिन्द समाचार समूह का आभार जताया उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में समूह ने अपने बेहतरीन सम्पादकों को खोया है जयराम इस बीच नई दिल्ली में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया उन्हें ये सम्मान प्रदेश में संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा देने के लिए दिया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत भाषा के विस्तार के लिए प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृत को और अधिक लोकप्रिय बनाने के प्रयास करेगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसे बोलने और संवाद करने के लिए अपनाएं प्याज केंद्र सरकार ने बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक लाख टन प्याज के आयात का निर्णय लिया है खाद्य व उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम से प्याज का आयात करने को कहा गया है आयातित प्याज की देशमर में आपूर्ति के लिए नेफेड को भी निर्देश दिया गया है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन शहर व जिले के सुव्यवस्थित विकास को समय की मांग बताया है सोलन में एक समारोह में उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है उन्होंने कहा कि सोलन प्रदेश का तीव्र गति से विकसित होता ज़िला है और सोलन ने देश के विभिन्न राज्यों के निवासियों और संस्कृतियों को समाहित किया है राजीव बिंदल ने सभी से स्वच्छता अपनाने और हिमाचल को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग देने का भी आह्वान किया जनमंच चम्बा ज़िले में भटियात विधानसभा क्षेत्र के च्वाड़ी में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से लोगों के घरद्वार के समीप ही उनकी समस्याओं का तय समय में समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है

उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने आज तक जो भी योजनाएं शुरू की हैं उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया गया है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि पिछले दो वर्षो में प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुआ है सोलन जिले के चामत भड़ेच में एक मेले के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हाल ही में हुई इन्वैस्टर्स मीट में प्रदेश के विविध विकास की नई इबारत लिखी गई है उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन पर्यटन पन विद्युत कृषि खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में अमूतपूर्व विकास का माध्यम बनेगा इस बीच हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंजुआना में एक कार्यक्रम में औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगने से जहां अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी वहीं रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे शहीद सोलन ज़िले के सुबाथू के शहीद सैनिक भीम बहादुर पुन आज पंचतत्व में विलीन हो गए उनकी राजकीय सम्मान के साथ अन्तेष्टि की गई

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने प्रदेशवासियों की ओर से शहीद सैनिक को श्रद्वांजलि अर्पित की

इसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मेले का शुभारंभ करेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे

राज्यपाल इस बीच रामपुर जाते समय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज नारकण्डा में शिमला ज़िला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी हासिल की रेणुका मेला उधर सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या स्थानीय कलाकारों के नाम रही कार्यक्रम के दौरान पॉलिथीन का प्रयोग न करने एचआईवी एड्स सहित प्राकृतिक आपदा निपटान पर आधारित नाटक का भी मंचन किया गया समारोह में उपायुक्त आरके परूथी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे भारद्वाज हमीरपुर स्थित राजकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं की राज्यस्तरीय बैंड प्रतियोगिता आज सम्पन्न हई समापन समारोह में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का है ऐसे में बच्चों को प्रतिस्पर्धा की दौड़ में बने रहने के लिए हर प्रकार की विधाओं में कुशलता प्राप्त करने की ज़रूरत है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारत विश्व गुरू रहा है और देश को दोबारा इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए नई शिक्षा नीति लाई जा रही है

कांग्रेस कांग्रेस ने महंगाई व बेरोज़गारी के मुद्दे पर आज धर्मशाला में प्रदर्शन किया रैली के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जनहित के मुददों पर आने वाले दिनों में पार्टी ब्लॉक स्तर पर भी प्रदर्शन करेगी पूर्व मंत्री व पार्टी नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मज़बूत है और कहीं भी कोई गुटबाज़ी नहीं है मौसम पिछले दिनों हुए हिमपात व वर्षा के बाद राज्य के अनेक भागों में शीतलहर बढ़ गई है खासतौर पर जनजातीय इलाकों में इन दिनों लोगों को कड़ाके की ठण्ड से जुझना पड़ रहा है इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे चल रहा है

सीमा सड़क संगठन द्वारा रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है संगठन के कमांडर उमा शंकर ने बताया कि कल दोपहर तक मनाली केलंग मार्ग पर यातायात बहाल करने का लक्ष्य है